रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारतीय रेल की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर आमान परिवर्तन दोहरीकरण नई रेल लाइन और नये कारखानों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है श्री सिन्हा आज गोण्डा रेलवे जंक्शन पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने गोण्डा बहराइच नव आमान परिवर्तित रेलखंड का उद्घाटन और इस रेलखंड पर बड़ी लाइन की तीन गाड़ियों के संचलन का श्रभारम्भ किया उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में भारतीय रेल ने प्रगति के नये मापदंड स्थापित किये हैं इसी क्रम में काबीना ने दो सौ चालीस किलोमीटर लम्बी बहराइच भिनगा श्रावस्ती बलरामपुर उतरौला डुमरियागंज मेंहदावल ख़लीलाबाद नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी भी दी है

श्री सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में रेल विकास का ज़िक्र करते हए कहा कि राज्य में पिछले चार वर्षो के दौरान चार सौ नौ किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण दो सौ तिरान्नवे किलोमीटर आमान परिवर्तन दो हजार एक सौ छप्पन किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के साथ साथ उन्तीस उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया है रेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लम्बित रेल परियोजनाओं पर खास ध्यान देते हुए गोण्डा बहराइच रेलखंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा किया गया है साठ किलोमीटर लम्बे इस ट्रैक के बन जाने से तराई और सीमावर्ती इलाक देश के विभिन्न महानगरों से सीधी रेल सेवा के माध्यम से जुड़ गये हैं जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी समारोह में सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह सावित्री बाई फुले ब्रज भूषण शरण सिंह जगदम्बिका पाल और प्रदेश सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी विचार व्यक्त किये प्रयागराज में आगामी जनवरी में आयोजित होने वाले कुंभ के सिलसिले में राज्य प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बाइट जहां तक कुंभ की तैयारी के बारे में है यह पूरी तरह से स्टेट लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं

इसके अलावा हम लोगों ने एक आपदा प्रबंधन के लिए एक और कार्यशाला हम करने वाले हैं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

बदायूं जिले के गुन्नौर इलाक में आज सुबह परिवहन निगम की एक बस और एक कार की आमने सामने की टक्कर में छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उन्नीस लोग घायल हो गये ललितपुर शहर कोतवाली इलाके में श्रद्धालुओं से भरे एक वाहन के पलट जाने से उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई और बत्तीस अन्य घायल हो गये जिसमें दस की हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है यह सभी श्रद्धालु औरछा धाम से लौट रहे थे उधर मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना इलाक में ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया सूत्रों के अनुसार यह सभी ट्रैक्टर ट्राली से पराली लेने के लिए हरियाणा जा रहे थे वहीं कन्नौज के तिवा क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही एक निजी बस के पलट जाने से उस पर सवार छियालीस लोग जख्मी हो गये यह सभी छठ पूजा के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे थे प्रदेश भर में भइया दूज का त्यौहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली के दो दिन बाद मनाये जाने वाले इस त्यौहार को यम द्वितीया पर्व के रूप में भी जाना जाता है परम्परा के अनुसार आज के दिन बहनें भाइयों को टीका लगाकर उनकी दीर्घायु और ख्रशहाल जीवन की कामना करती हैं वहीं भाई बहनों को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं इस अवसर पर अयोध्या में सरयू तट के जमथरा घाट पर यम द्वितीया का परम्परागत मेला जारी है जहां सुबह से ही श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाकर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं बहनें व्रत रख कर अपने भाइयों की लम्बी उम्र और खुशहाली की कामना क लिए पूजा अर्चना कर रही हैं उधर ब्रजमंडल में भइया दूज का पर्व श्रद्धा और परम्परागत तरीके से मनाया गया

आज सुबह से ही देर शाम तक भाई बहन के टीका लगाकर कर उसकी लम्बी उम्र की कामना की लेकिन मथुरा मै भाई दूज का पर्व बड़े ही अनोखे अंदाज मै मनाया जाता है यहां यमुना में बड़ी संख्या मै भाई बहन एक दुसरे का हाथ पकड़ कर यमुना में स्नान किया और दीर्घायु की कामना की पुराणों और मान्यता के अनुसार यहां यमुना में स्नान करने से यम फंस से मुक्ति मिलती है

बलरामपुर आगरा कुशीनगर और जौनपुर सहित अन्य जगहों पर भी धार्मिक भक्ति भावना और आस्था पूर्वक भइया दूज मना जा रहा है इस बीच विभिन्न स्थानों पर मेलों दंगल सहित विविध कार्यक्रमों के आयोजन भी किये गये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन ढूंढने में सहायता करना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से उत्तर प्रदेश में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लगभग पांच लाख युवा इस योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और लगभग इतनी ही संख्या में युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना नाम दर्ज कराया है हापुड़ के रहने वाले अरमान खान ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से उन्हें काफी फायदा हुआ मुझे अपने दोस्तों से कौशल विकास मिशन के बारे में पता चला फिर मैंने जाकर सेन्टर पर पता किया तो वहां पर मुझे सेन्टर मैनेजर से पता चला कि जो इसमें योजना है वह बिल्कुल निशुल्क है

एडमिशन कराने के बाद में मैंने ट्रेनिंग ली और बाद में मं अच्छी जॉब कर रहा हूँ जॉब मिल गई है तो परिवार वाले भी खुश है प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किये जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और उद्योगों को प्रशिक्षित युवा कर्मचारी दिलाने मे अहम भूमिका निभा रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

श्री गुर्जर आज नई दिल्ली में दिव्यांग युवाओं के लिए वैश्विक सूचना और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने दिव्यांग युवाओं की सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया समाप्त